वह लॉकडाउन के दौरान विभिन्न संस्थाओं के द्वारा किये गये सामाजिक काया की जानकारी लेंगे

इसके अलावा इन संस्थाओं ने सैनिटाइजर तथा मास्क और अन्य वस्तुएं भी जनता को उपलब्ध कराई

साथ ही रेपिड एनटीजन टेस्ट के माध्यम से भी भारी मात्रा में टेस्ट किये जाये श्री योगी आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने प्रदेश में कोविड हेल्प डेस्क की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए लोगों से हेल्प डेस्क पर जांच कराने की अपील की मुख्यमंत्री ने संचारी रोग नियंत्रण के लिये आगामी शुक्रवार शनिवार और रविवार को प्रदेश में विशेष स्वच्छता अभियान संचालित करने के भी निर्देश दिये मुख्यमंत्री योगो आदित्यनाथ ने वर्षा और बिजली गिरने की घटनाओं में जानमाल का नुकसान कम से कम करने के लिये आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये है अधिकारियों से विभिन्न प्रचार माध्यमों से समय पर चेतावनी देने के लिए कहा गया है ताकि लोग जरूरी ऐहतियाती कदम उठा सकें

राज्य के गन्ना विभाग ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को गाइडलाइन जारी करते हुए किसानों को दामिनी ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने को कहा है इस ऐप के जरिए मोबाइल में इस बात की जानकारी मिल जाती है कि किस जगह पर बिजली गिर सकती है गन्ना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी ने बताया भारत सरकार द्वारा एक बहुत सुन्दर ऐप बनाया है दामिनी जो आपके गूगल प्ले स्टोर पे और आई फोन के ऐप स्टोर पे उपलब्ध है

तो कृपया करके ऐसे समय आप अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाये यह ऐप आपको इतना समय उपलब्ध करा देता है कि आप अपने सुरक्षित स्थान पर जा सके आज प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जिले के बैंकर्स का एक जिलास्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया

इसके तहत जिले में काम कर रहे सभी बंक शाखाओं के काम डिजिटल रूप में सम्पन्न होंगे तथा इसके माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों का भी डिजिटलीकरण किया जायेगा उन्होंने कहा कि जिले के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराया जायेगा तथा कोरोना वायरस के संक्रमण के चलत बेरोजगार हुई कामगार महिलाओं द्वारा बनाये गये स्वयं सहायता समूह को मुद्रा योजना के तहत बैंकों से ऋण प्रदान किया जायेगा जिससे रोजगार को बढावा मिलेगा

तराई का पीलीभीत जनपद देश के उन बासमती उत्पादक जिलों में शामिल है जिन्हें भारत सरकार ने बासमती उत्पादन के लिए जीआई टैग दिया है

एक रिपोर्ट पीलीभीत बांसुरी की तान ही नहीं बांसमती धान के लिए भी देश द्रनिया में मशहूर है

धान की रोपाई के बाद किसान क्या करें इस बारे में कृषि वैज्ञानिक डॉ शैलेंद्र सिंह ढाका ने बताया धान लगाने के बाद दो तीन दिन के अंदर अंदर उसमें घास मारने वाली दवाई ट्री ट्रीला क्लोर आधा लीटर प्रति एकड़ की दर से जमीन में जरूर डालें जिससे कि धान को घास से बचाया जा सके इसके अलावा इस समय जो धान लग चुका है उसमें पहली यूरिया के साथ साथ साथ दो किलो प्रति एकड़ की दर से सल्फर का प्रयोग अवश्य करें लगातार हो रही बरसात संकेत दे रही है कि इस बार जिले में धान का उत्पादन काफी अच्छा रहेगा सतीश मिश्र आकाशवाणी समाचार पीलीभीत पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की पुण्य तिथि पर आज लखनऊ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक कार्यक्रम में उन्हें भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित की गई लोकतंत्र सेनानी कल्याण समिति के संरक्षक और कार्यक्रम के आयोजक भाजपा नेता विधान परिषद सदस्य यशंवत सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने इस अवसर पर चीन निर्मित सामान का बहिष्कार करने का संकल्प लिया प्रदेश पुलिस ने कानपुर पुलिस हत्या मामले के मुख्य दोषी और कुख्यात अपराधी विकास दुबे को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान तेज कर दिया है

राज्य के अपर महानिदेशक कानून और व्यवस्था प्रशांत कुमार ने आज बताया कि पुलिस कानपुर पुलिस हत्या मामले पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी उन्होंने कहा कि हमारे बहादुरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा उन्होंने बताया कि इस मामले के अन्य दोषी अमर दुबे को आज एक मुठभेड़ में मार दिया गया है और विभिन्न स्थानों से विकास दुबे के कुछ और सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है और ब्यौरा हमारे संवाददाता से अमर दुबे आज सुबह हमीरपुर जिले के मोधाह इलाके में प्रदेश पुलिस की स्पेशल टॉसफोर्स के साथ मुठभेड़ में मारा गया प्रदेश के अपर प्रालिस महानिदेशक प्रशांक कुमार ने पत्रकारों को बताया कि विकास दुबे का एक और सहयोगी शामू वाजपेयी आज कानपुर पुलिस के साथ एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया इस मुठभेड़ में घायल शामू के ऊपर पचास हजार रुपये का ईनाम था विकास के दो और सहयोगी जहान यादव जोकि पुलिस बल पर हमले में शामिल था और संजीव दूबे भी गिरफ्तार कर लिये गये हैं उन्होंने बताया कि विकास के तीन और साथी कल हरियाणा के फरीदाबाद में स्थानीय पुलिस के हाथों पकड़े गये

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मूल संदर्भ को बनाए रखते हुए पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि देश और द्रनिया में असाधारण स्थिति है